सात सौ करोड़ रूपये की परियोजनाओं पर एक माह में काम श्रू हो जायेगा

फरीदाबाद औद्योगिक नगरी के प्राने स्वरूप को फिर से बहाल किया जा रहा है और लगभग सात सौ करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं पर अगले एक महीने में काम शुरू हो जायेगा फरीदाबाद में उद्योग मंत्री विप्ल गोयल दवारा आयोजित शंखनाद रैली को सम्बोधित करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद की पहचान औद्योगिक नगरी के रूप में हो रही है और वर्तमान सरकार ने इसके स्वरूप को बहाल करने का प्रयास किया है

साथ ही फरीदाबादम को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा मे काम चल रहा है मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उद्योग मंत्री की मोबाइल ऐप भी लांच की और कहा िक प्रदेश के य्वाओं को हनरमंद बनाने के लिये द्धौला मे विश्वकर्मा विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है

श्री प्री ने नई दिल्ली में बताया कि अब तक लगभग एक लाख लाभार्थियो ने योजना का लाभ उठाया है

श्री प्री ने कहा कि मिशन के तहत तीन लाख पचासी हजार करोड़ रूपये का निवेश की परिकल्पना की गड् है केन्द्र सरकार दवारा ग्णवत्तापरक बीज किसानों से तैयार करवाने की दल्हन फसलों के खेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए चलाई गई सीड हब परियोनजा किसानों के लिये बरदान के लिए वरदान साबित हो रही हे भारतीय कृषि अन्संधान परिषद की देखरेख मे चलाई गई इस योजना ने देश को दल्हनी फसलों के क्षेत्र में काफी हदतक आत्मनिर्भर बनाया है

इसी की चलते भिवानी बीज गोदाम एवं प्रसंस्कारण इकाई की आज स्थापना की गई उदधाटन अवसर पर पहंचे किसान राम मेहर और सत्य प्रकाश ने बताया कि सीड अब प्रोजेक्ट के तहत न केवल उन्हें अपनी दलहनी फसलों के दाम अधिक मिल रहे है बल्कि कृषि विज्ञान केन्द्र से उन्हें बीज भी निशूल्क उपलब्ध कराये जा रहा है प्रदेश सरकार ने हिसार जिले की चार सड़कों के प्न निर्माण तथा इन्हें चौड़ा कराने के प्रस्ताव को मंजूदर करते हये आठ करोड़ छियतर लाख रूपये की राशि जारी की है

एक सरकारी प्रवक्ता के अन्सार हिसार में गांव राजथल से कागसर तक पांच किलोमीटर लंबी सड़क का पूर्ननिर्माण किया जायेगा और इसकी चौडाई बढ़ाकर साढ़े पाच मीटर की जायेगी इसी प्रकारहांसी जींद रोड से गांव माजरा तक ढाई किलोमीटर लंबी सड़क के प्न निर्माण व चौडाई बढ़ाने के काम पर एक करोड़ इक्यासी लाख रूपये खर्च किये जायेगे इसकी चौडाई बारह से बढ़ाकर अट्ठारह फ्ट की जायेगी इसी प्रकार हांसी जींद रोड़ से गांव सिसाम तक लगभग साढ़े तीन किलोमीटर लंबी सड़क के पर्ननिर्माण के लिये एक करोड़ बारह लाख और हिसार के गांव किरतान से सीसवाला तक सड़क के निर्माण के लिए बासठ लाख रूपये जारी किये है विवाह शग्न योजना के तहत रिवाड़ी जिले में इस सरकार के कार्यकाल दौरान अब तक तीन हजार आठ सौ पचास कन्याओ को दस करोड़ तीन लाख रूपये की राशि प्रदान की जा चुकी है

हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भानी राम मंगला ने पलवल जिले की सात गऊशालाओं को चारे के लिये चार लाख अट्ठासी हजार रूपये की राशि प्रदान की

साथ ही प्रदेश की जेलों में भी गऊशालाओं खोलने की योजना है करनाल की जेल में गऊशाला का शिलान्यास कर दिया गया है नव वर्ष से अन्य जेलों में भी इस योजना पर काम किया जायेगा अम्बाला की उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे गैर कानूनी माईनिंग पर सख्ती से प्रतिबंध लगायें और ऐसा करने वाले लोगों के विरूद्ध त्रंत और सख्त कार्रवाई करें अन्यथा कार्रवाई में लापरवाही करने वाले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाईकी जायेगी गैर कानूनी माईनिंग के नियंत्रण के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हये उन्होंने कहा कि माईनिंग कार्य से जूड़े सभी स्क्रीनिंग प्लांट सील किये हए हैं और यदि कोई प्लांट संचालक उसके बाद भी ऐसे प्लांट को चलाता है तो उसके विरूद्ध प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई के साथ साथ म्कदमा चलाये उन्होने कहा कि बेगना व मारकण्डा सहित ऐसे सभी स्थानों पर जहां गैर कानूनी माईनिंग हो रही हो उस पर माईनिंग विभाग प्लिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी नियमान्सार सख्त कार्रवाई करें पंजाब के आदमप्र में तापमान एक डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया पंजाब और हरियाणा में आज भी शीत लहर का प्रकोप जारी रहा

मौसम विभाग के अन्सार आज स्बह हिसार करनाल भिवानी सिरसा ल्धियाना पटियाला अमृतसर गुरदासपुर मे कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम थी हरियाणा सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा विभाग द्वारा सौर ऊर्जा को बढावा देने के लिए कई प्रभावी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है